आर्थिक पैकेज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत विभिन्न क्षेत्रों के लिए ढांचागत सुधारों की घोषणा की है यह घोषणा मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश को संबोधित करते हुए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के दस प्रतिशत यानी बीस लाख करोड रुपये के विशेष आर्थिक पैकेज के तहत की गई है

वित्त मंत्री ने बताया कि ढांचागत सुधारों के तहत सात क्षेत्रों पर प्रमुखता से ध्यान केन्दित किया जाएगा वित्त मंत्री ने बताया कि मनरेगा योजना के तहत रोजगार सुजन के लिए और चालीस हजार करोड रुपये दिए जाएंगे उन्होंने कहा कि इससे लगभग तीन सौ करोड कार्य दिवस के रोजगार सुजन में सहायता मिलेगी

श्रीमती सीतारमन ने बताया कि सरकार ने राज्यों के लिए कर्ज की सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से बढाकर पांच प्रतिशत कर दी गई है

वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि केन्द्र सरकार ने पूर्णबंदी के कारण उत्पन्न हुए संकट से निपटने के लिए राहत पैकेज में समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा है उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत अस्सी करोड लोगों को निः शुल्क अनाज दिया गया है

इसके अलावा आईटी का उपयोग करते हुए आरोग्य सेतु एप बनाया गया जिसका फायदा करोड़ो लोग उठा रहे हैं वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि शिक्षा को हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए भी हरसंभव प्रयास किया गया है मुख्यमंत्री आभार मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घोषित आर्थिक पैकेज की पॉचवी किस्त की सराहना की है श्री रावत ने आर्थिक पैकेज में शामिल घोषणाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वित्तमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे राज्यों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे और गांव लौटे प्रवासी श्रमिकों को रोजगार मिलेगा

इसके साथ ही श्री रावत ने अपने द्वारा राज्यों के उधार लेने की सीमा को बढाए जाने के अनुरोध को स्वीकारने पर वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया उन्होंने कहा कि आर्थिक पैकेज के तहत प्रदेश की स्वास्थ्य नीति के प्रमुख बिन्दुओं में शामिल हेल्थ और वेलनेस सेंटर स्थापित करने में और अधिक सहायता मिलेगी

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सार्वजनिक व्यय को बढाने से हमारा स्वास्थ्यगत ढांचा मजबूत होगा जिला ब्लाक स्तर पर संक्रामक रोग अस्पताल और पब्लिक हेल्थ लैब की स्थापना से हेल्थ सिस्टम का गांवों तक विस्तार होगा पीएम ई विद्या के अंतर्गत विद्यालयी शिक्षा के लिए दीक्षा योजना से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध होगी

ऑनलाइन पोर्टल केन्द्र ने सभी राज्यों से प्रवासियों की वापसी की जानकारी और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के लिये ऑनलाइन पोर्टल राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली एनएमआईएस का उपयोग करने को कहा है राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केन्द्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने प्रवासियों की वापसी से संबंधित जानकारी प्राप्त करने और फंसे लोगों की सुचारू वापसी के लिये मौजूदा भौगोलिक सूचना प्रणाली जीआईएस पोर्टल पर ऑनलाइन डैशबोर्ड तैयार किया है इस पोर्टल पर मोबाइल नंबर सहित प्रवासियों से संबंधित जानकारी तथा उनके प्रस्थान और गंतव्य जिले तथा यात्रा की तिथि की जानकारी अपलोड रहेगी

निगरानी और संपर्क की जानकारी से संबंधित प्रणाली को मजबूत किया जाएगा इसमें कहा गया है कि अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किसी वैकल्पिक या अस्थाई जगहों पर ले जाने के लिए आपात योजना भी होनी चाहिए

आज प्रभारी आयुक्त कुमाऊं और जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर नीरज खैरवाल ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरिन्दरजीत सिंह और रोटरी क्लब के पदाधिकारियों की मौजूदगी में संयुक्त रूप से कलेक्ट्रेट सभागार मे इस एप को लांच किया इस दौरान श्री खैरवाल ने कहा जिला प्रशासन और रोटरी क्लब के सहयोग से अब लोग घर बैठे ही रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं और अन्य सेवाओं का लाभ ले सकेगें

जिनमें इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर दवाएं स्टेशनरी किराना स्टोर कम्प्यूटर आदि की रिपेयरिंग कारपेंटर वेंडर आदि कार्य सम्मिलित है

लॉकडाउन के दौरान लोगों के अनावश्यक बाहर न निकलने और आवश्यक सेवाएं एवं वस्तुएं घर पर ही बाजार मूल्य पर उपलब्ध कराने हेतु इस एप को तैयार किया गया है

इससे पहले उनके स्वास्थ्य की जांच के साथ ही पंजीकरण किया गया